झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की रांची चाईबासा और सरायकेला खरसांवा शाखा में लगभग एक सौ पचास करोड़ रुपए की अनियमितता मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने जांच शुरू कर दी है इस संबंध में एसीबी द्वारा प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि सहकारिता बैंक की विभिन्न शाखाओं में घोटाले का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इसकी जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया था राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए वहीं उपचार के बाद बयालीस मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई

वहीं देश में स्वस्थ होने की दर अंठावन दशमलव दो पांच प्रतिशत है इस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से झारखंड देश में इक्कीसवें स्थान पर है गौरतलब है कि यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या दो हजार दो सौ पंचान्यबे तक पहुंच चुकी है इनमें स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या एक हजार छह सौ सैंतालीस है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या छह सौ पैंतीस है और बारह लोगों की मौत हो चुकी है

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी परिषद की बैठक में इस अवधि के दौरान मौजूद हालात के मद्देनजर कुछ और रियायतें देने पर भी सहमति बनी

मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन क्षेत्रों में रियायत मिली हुई है वह जारी रहेगी लेकिन इंटरस्टेट बस सेवा शॉपिंग मॉल स्पा सैलून होटल धर्मशाला जिम स्विमिंग पूल विद्यालय महाविद्यालय और धार्मिक स्थलों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा

इसमें देश में बढ़ते चिकित्सा बुनियादी ढांर्चे के बारे में भी बताया जाएगा

बैठक में विदेश मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री गृह राज्य मंत्री जहाजरानी राज्य मंत्री रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भाग लेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसमें उपस्थित रहेंगे रेलवे ने स्टेशनों पर कोविड सर्विलांस कैमरा लगाने का निर्णय लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस कैमरे के फोटो की मदद से स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के शरीर का तापमान मापा जा सकेगा इसके अलावा इससे यह भी पता चल जाएगा कि यात्रियों ने मास्क पहना है या नहीं रेलवे द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को लेकर यह कदम उठाया है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

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन्न की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इस ै कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम आठ बजे किया जाएगा

ट्राइफेड के बंधन योजना के तहत बी वोकल फॉर लोकल एंड गो थीम पर आयोजित इस वेबिनार में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा ई कॉमर्स से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे इस आयोजन का मकसद जनजातीय उत्पादों को ई मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी सिविल सेवा के अंतिम परिणाम पर रोक लगाने संबंधी दायर विभिन्न याचिकाओं पर अब पांच अगस्त को सुनवाई होगी न्यायधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा कि परीक्षा परिणाम पर स्थगन आदेश क्यों नहीं दे दिया जाए इस दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि छठी सिविल सेवा परीक्षा में विज्ञापन की शर्तो का उल्लंघन करने के साथ कई और अनियमितताएं बरती गई है उधर सर्वोच्च न्यायालय ने भी छठी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है रांची जिले में घर घर जाकर राशन काडोँ की जांच की जाएगी इस दौरान वैसै अयोग्य परिवार जिनके यहां राशन कार्ड मिलेगा उनके घर की संपत्तियों की साक्ष्य के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी इसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी जिले के उपायक्त ने बताया राशन कार्ड का लाभ उठाने वाले संपन्न लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा घर घर जाकर राशन कार्डो की जांच करने के लिए विशेष टीम का गठन करने के साथ समी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है

मौसम विभाग ने पलामू चतराहजारीबाग कोडरमा देवघर और गोड्डा समेत कई और जिलों में अगले अड़तालीस घंटे तक भारी बारिश और वज़पात होने की चेतावनी जारी की रांची स्थित मौसम विमाग के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में उनतीस जून से दो जूलाई तक मध्यम व हल्की बारिश होने की संभावना है उन्होंने बताया कि अभी तक यहां मॉनसून सामान्य से ज्यादा बेहतर रहा है हालांकि संथाल परगना इलाके में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और अब संक्षिप्त खबरें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्षा जल के संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान चलाया जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्देश पर चलाए जानेवाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी रांची विश्वविद्यालय में आज से दस जुलाई तक नशा मुक्ति पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा एनएसएस इकाई द्वारा इस दौरान क्विज पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम होंगे